मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं को धुंए के दुष्प्रभाव से निजात मिली है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली है जयराम ठाकुर ने महिलाओं से अन्य राज्यों से आए होम क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने का आह्वान भी किया ताकि कोरोना संकमण को सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोका जा सके इस दौरान महिलाओं ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश का फार्मा उद्योग कियाशील रहा है और यहां निर्मित दवाईयां दूसरे देशों को भी निर्यात की गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों के अंतर्गत ऑनलाईन स्वयं प्रमाणन को कियाशील बनाया गया है जिससे योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में सुविधा हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क शुरू करने का आग्रह भी किया है

पावंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने आज नाहन में एक बैठक में ये जानकारी दी

सुखराम चौधरी ने संबंधित विभागों को योजनाओं के तहत खर्च की जा रही राशि की समीक्षा के लिए बैठक करवाने के लिए निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंच सके बैठक में सांसद सुरेश कश्यप सहित विधायक विनय कुमार हर्षवर्धन और रीना कश्यप भी मौजूद रहे एनएचएआई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने देश में राजमार्गों की स्थिति का आकलन और रैंकिंग करने का फैसला किया है इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराना और आवश्यकता होने पर राजमार्गो की ग्णवत्ता में सुधार के लिए सही कदम उठाना है राजमार्गों के कार्य प्रदर्शन के आकलन की कसौटी मोटे तौर पर तीन मुख्य श्रेणियों राजमार्ग की दक्षता सुरक्षा और राजमार्गों का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध सेवाएं पर आधारित होगी आकलन के परिणाम के आधार पर प्राधिकरण व्यापक विशलेषण करेगा और सेवा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप के बारे में फैसला करेगा इसके अलावा आकलन करते समय राजमार्ग पर वाहनों की गति टोल प्लाजा पर लगने वाला समय सड़क पर बनाए गए चिन्ह और संकेत तथा दुर्घटना दर जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर भी विचार किया जाएगा इन मापदंडों के आधार पर प्रत्येक गलियारे को अंक दिए जाएंगे जैनब चंदेल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राज्य सरकार पर लोगों की समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग बंद पड़े हैं और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जैनब चंदेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसके बावजूद सरकार ने बाहर से आने वाले पर्यटकों को हिमाचल आने की अनुमति दे दी है उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार कोरोना महामारी को लेकर कतई गंभीर नहीं है एसोसिएशन कुल्लू जिला फैडरेशन ऑफ होटलियर व रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के होटलों को खोलने संबंधी आदेशों का स्वागत किया है एसोसिएशन के सचिव बुद्धि प्रकाश ठाकुर ने आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से जिले के होटल व्यवसायी खुश हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए होटल व्यवसायी होटलों को खोलने के लिए सरकार से और समय दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपनी तैयारी पूरी कर सके